इन विधायकों में सुखविंद्र सिंह सुक्ख पवन कुमार काजल नरेंद्र ठाकुर राकेश सिंघा बलवीर सिंह वर्मा आशा कुमारी और सतपाल सिंह रायजादा शामिल हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में कल विधानसभा परिसर में हई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने नो मास्क नो सर्विस के आदेश भी जारी किए हैंऔर मास्कर न पहनने पर जुर्माना वसूला जाएगा

मंत्रिमंडल के अनुसार इस बार लोग घर से बाहर समूहों में होली नहीं खेल पाएंगे इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बैठक में कई अहम निर्णयों पर भी अपनी मोहर लगाई इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज कोरोना महामारी को लेकर सभी जिला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे कोरोना इधर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है

इसे मनाने का उदेश्य लोगों में मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है इस वर्ष का विषय बी प्राइड आफ योर माउथ रखा गया है जिसका मकसद अपने मौखिक स्वास्थ्य को हर परिस्थिति में बेहतर रखना है

कीटनाशकों के बढते उपयोग भवन निर्माण शैली में बदलाव व घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले क्छ वर्षों में गौरया की संख्या तेजी से घटी है इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रही विकिरणों को भी उतरदायी माना जाता है और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अमर उजाला ने खबर दी है शिमला के निजी विश्वविद्यालय की मिली फर्जी डिग्री एफआईआर के आदेश जारी इसी समाचार पत्र ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद लेंगे सीबीआई जांच पर फैसला

नमस्कार